सीएम पौडी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में जल्द भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की जायेगी

उन्होंने कहा जमीन पर प्रुष के साथ उनकी पत्नियों का भी अधिकार हो इस पर भी सरकार जल्द निर्णय लेगी

उन्होंने कहा कि कोटदवार में अर्दध सम्रिक बलों की कैंटीन के लिए भूमि दी जायेगी मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न सड़क मार्गो के निर्माण की घोषणाएं भी की इस अवसर पर उन्होंने प्रवासियों को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने को कहा

कुछ लोग लापता भी बताये जा रहे हैं बारिश से क्छ मकान भी क्षतिग्रस्त हए हैं धारच्ला में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई बीती देर रात भारी बारिश और भूस्खलन के कारण तहसील बंगापानी के ग्राम मल्ला गव्ना में मलबे में दबने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई

साथ ही तीन मकानों को भी नुकसान पहुंचा है

यहां पर दो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उधर ग्राम बाता मदकोट में भारी बारिश से दो मकान ध्वस्त हो गए और कई मवेशी पानी में बह गए ग्राम सिरतोला में तीन मकानों में मलबा घ्सने से काफी न्कसान हैं हण इन सभी क्षेत्रों में प्लिस प्रशासन और एसडी रएफ टीम ने पहंचकर राहत और बचाव कार्य किया

साथ ही उन्होंने प्रभावितों को तत्काल अन्मन्य राहत राशि उपलब्ध कराने को कहा हैै इसके साथ ही जरूरी स्विधाएं भी मुहक्वा कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग लापता हैं उनकी खोज के लिए तत्काल युद्ध स्तर पर खोज अभियान श्रू किया जाए

उन्होंने बताया की विवेचना में ग्णात्मक सुधार के लिए वि शेषकर महिलाओं से संबंधित जघन्य अपराधों में वज्ञानिक साक्ष्य जक्षे बाल रक्त सीमन हड्डी दांत टिशू का घटनास्थल से इन डीएनए किट्स के माध्यम से पुलिस अधिकारी साक्ष्य एकत्रित कर सकेंगे इससे विवेचना में गुणात्मक सुधार होगा

उन्होंने कहा कियुवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये

सके अलावा जव्निक और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष ध्यान देना होगा

म्ख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों के कम्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता और तेजी थे येगी इससे किसानों को बहत स्विधा होगी म्ख्यमंत्री ने नाबार्ड के अध्यक्ष जी र चिंतला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत भी की उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगमों का विस्तार किया गया गया है लेकिन विस्तारित क्षेत्र में कृषि कार्यो के लिए बह्त सम्भावनाएं हैं और लोग कृषि कार्य कर रहे हैं उन्होने कहा कि नाबार्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में किस तरह योगदान दिया जा सकता हप्र इस पर विचार किया जाए

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ऐसे में राज्य को नाबार्ड से लगभग एक हजार करोड़ रूपये की थ वश्यकता होगी

रविवार को हरिदवार जिले में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग सामने थे ये

जो लोग पॉजिटिव मिले हैं वो हरिदवार के विभिन्न स्थानों में रहने वाले थे

पूरे जिले में कल तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी यदि कोई अवध ढंग से जिले में प्रवेश करेगा तो उसे दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इस अवधि में होने वाले खर्च का भ्गतान उसे ही करना होगा

हरिदवार में श्रदधाल्ओं को गंगा स्नान करने की अन्मति नहीं दी गई सभी गंगा घाट स्नसान नजर थ ये

कल शिवरात्रि को भी सभी शिव मंदिर बंद रखे गए थे उधर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम मंदिर में श्रद्धाल्ओं ने भगवान जागनाथ और महामृत्यूंजय के दर्शन किये बालिका सम्मान बागेश्वर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत महाविदयालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली दस बालिकाओं को सम्मानित किया गया